आज भी जयपुर जोधपुर और बीकानेर में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मिले है

देश में कोरोना मृत्यु दर एक दशमलव पांच दो प्रतिशत है

इसी क्रम में आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने समाचार बुलेटिनों में जनता के नाम जनता के संदेश विशेष श्रृंखला शुरू की है

पाली के रोहट में थाना स्टाफ और पुलिस मित्रों ने आमजन को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया भरतपुर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जागरूकता रथ निकाला गया

दोनों पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों की सूचियां आज देर शाम या कल जारी किए जाने की संभावना है भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए कोर कमेटी की बैठक हुई दूसरी ओर कांग्रेस में भी प्रत्याशियों को लेकर दिनभर मंथन चलता रहा

कृषि मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों ने ये खरीद की है मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार ही खरीद कर रही है

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने परिणाम घोषित करते हुए बताया कि परीक्षा में बाड़मेर के ओमप्रकाश बेनीवाल अव्वल रहे गंगापुर सिटी के हेमन्त कुमार दूसरे स्थान पर वहीं बाड़मेर के रमेश कुमार और भरतपुर की सीमा पाल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे

समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी बैंसला ने कहा कि सरकार उनकी मांग को पूरा नही करेगी तो अगले महीने से चक्का जाम किया जाएगा महापंचायत स्थगित होने पर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है वहीं प्रशासन ने समिति की चेतावनी के मद्देनजर आगामी रणनीति बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है इससे पहले महापंचायत के मद्देनजर भरतपुर करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी जरूरी इन्तजाम किए गए

इस मौके पर मंदिरों में घट स्थापना की गई है

हालांकि आमेर के शिलामाता सीकर के जीणमाता सहित कई बड़े मंदिरों में श्रद्दालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है

बांसवाड़ा के शक्ति पीठ त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर में ट्रस्ट पदाधिकारियों की मौजूदगी में घट स्थापना की गई टोंक दौसा और चूरू में कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ श्रद्वालुओं को दर्शन कराए जा रहे है जालौर में नवरात्र के मौके पर मंदिरों को सुरूचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है हालांकि कोरोना संक्रण को देखते हुए इस बार गरबा के कार्यक्रम नहीं रखे गए है बूंदी जिले के इन्द्रगढ में बीजासण माता मन्दिर में आज घट स्थापना की गई झालावाड़ जिले में असनावर के माता मंदिर मिश्रोली की माँ अन्नपूर्णा भवानीमंडी के नजदीक माँ दूधा खेड़ी पर विशेष पूजा अर्चना की गई

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण मनोज चौधरी ने बताया कि लूट की वारदात रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित आईसीआईसीआई बैंक में हुई है